राष्ट्र आज महात्मा गांधी की बहत्तरवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यह दिन शहीद दिवस के रुप में भी मनाया जाता है इस दिवस के उपलक्ष्य पर देशभर में व्याख्यान रक्तदान शीविर सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए इस अवसर पर बाप्रजी को श्रद्धांजली देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टवीट करते हुए आशा व्यक्त की कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का मार्ग एक अन्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने में हमारा मार्गदर्शन करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज नई दिल्ली में राजघाट में राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पाजंलि अर्पित की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और वायूसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शन आर के एस भदौरिया भी शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजली अर्पित करने वालों में शामिल थे इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजित किया गया

बारह में से नौ स्थानीय उद्यमी है और बाकी तीन बहु राष्ट्रीय कंपनिया है

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य किसानों प्रोसेसर और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है ताकि अधिकतम मूल्य संवर्धन अपव्यय को कम करना किसानों की आय बढ़ावा और रोजगार के अवसर पैदा हो सके ये पार्क डोलिकोटा गांव में बनने वाला है परियोजना के लिए लगभग पचहत्तर एकड़ भूमि की खरीद की गई है जिसमें से पचास एकड़ जमीन खाद्य उद्योगों के लिए प्रदान की गई है फ्रड पार्क की स्थापना एक सौ उनसठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की जाएगी और इसमें पेट बोतल लाइन वेयरहाउस मल्टी चेंबर कोल्ड स्टोरेज टेट्रा पैकेजिंग लाइन पकने वाले चैंबर फूड टेस्टिंग लेबोटरी और स्वचालित छँटाई ग्रेडिंग लाइन जैसी सुविधाए होंगी राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल ईटानगर में दोरजी खांड्र कंवेशन सेंटर में अरुणाचल प्रदेश राज्य की शाखा के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के शताब्दी समारोह का श्रभारंभ किया समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कोई भी आपदा चेतावनी के साथ नही आती है आपदा न्यूनीकरण के लिए रेड क्रॉस सोसायटी जैसे संगठन को मजबूत होना चाहिए उन्होंने रेड क्रॉस सोसायटी के सदस्यों को सेवा और समर्पण की भावना के साथ काम करने को कहा राज्यपाल जो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी अरुणाचल प्रदेश राज्य शाखा के अध्यक्ष भी है ने कहा कि सदस्यों को सबसे पहले उत्तरदाता होना चाहिए उन्होंने आई आर सी एस ए पी शाखा को फर्स्ट एड पर लोगों को प्रशिक्षण देने जागरुकता फैलाने और संगठन में स्वयं सेवकों की सदस्यता को बढ़ाने को भी कहा राज्य के व्यापार एवं वाणिज्य निदेशक तोकोंग पर्टिन द्वारा जारी एडवाइजरी ने चांगलांग जिला प्रशासन को सीमावर्ती हाट पर माल की बिक्री के माध्यम से कोरोनावायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय करने के लिए कहा है यह एडवाइजरी मुख्य रुप से चांगलांग जिले में पांगसौ पास सीमा हाट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो म्यांमा के साथ साथ दक्षिणी चीन के करीब है क्योंकि घातक वायरस भारतीय ग्राहकों को बेचे जाने वाले सामान के माध्यम से भी फैल सकता है ईटानगर में कल आयोजित समारोह में पाके केसांग विधायक बियूराग वाघे ने औपचारिक रुप से भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है उन्होंने ये पद सांसद तापिर गाव के स्थान पर लिया है श्री वाघे वर्ष दो हजार से विभिन्न क्षमताओं में राज्य भाजपा की सेवा की है